दोपहर तीन बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस चर्चा में श्री मोदी कोरोना की स्थिति और इससे निपटने के लिये की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे

इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट लॉकडाउन और भारत के अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां संक्रमितों का जीवन बच रहा है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में हुई बैठक में इस बात पर संतोष जताया कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिये चलाए गये अभियान संक्रमितों के इलाज के लिये की गई व्यवस्थाओं और लोगों की जागरूकता से कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में मदद मिली है

जिनका इलाज किया जा रहा है शहीद भारत चीन सीमा पर हुए संघर्ष में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए रीवा जिले के वीर सपूत दीपक सिंह भी शहीद हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सीमा पर संघर्ष के दौरान दीपक सिंह ने जिस शौर्य का परिचय दिया इस पर हमें गर्व है सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके परिजनों की हर संभव मदद करेगी मंत्री मीना सिंह ने भी शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है

प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन चुनावों के लिये अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गये हैं प्रदेश में इन चुनावों के लिये नियुक्त भाजपा के पर्यवेक्षक केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्त्रबुद्वे आज शाम भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायकों से चर्चा करेंगे ये नेता कल यहां होने वाली विधायक दल की बैठक में भी भाग लेंगे इधर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में मौजूद थे उच्चतम न्यायालय विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा विधायक गोपाल भार्गव को जमीन से जुड़े एक मामले में उच्च न्यायालय ने राहत दी है मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने श्री भार्गव और उनके पुत्र के खिलाफ पट्टे की जमीन बेचने के कथित आरोपों की सुनवाई की इस दौरान याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता कमलेश साहू श्री भार्गव और उनके पुत्र पर लगाए गये आरोपों के पक्ष में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जिस कारण उन्होंने यायिका वापस लेने की अर्जी लगाई जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी मौसम मानसुन मॉनसून सक्रिय होने से इसका असर प्रदेश में दिखने लगा है राजधानी भोपाल होशंगाबाद डिंडोरी सीहोर सहित कई जिलों में कल तेज बारिश हुई मौसम विभाग ने आज शहडोल जबलपुर रीवा सागर संभागों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा के साथ अनूपपुर डिंडोरी उमरिया बालाघाट जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है जबकि होशंगाबाद इंदौर उज्जैन भोपाल संभागके कुछ स्थानों और ग्वालियर चम्बल संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है